राज्य में मूंग उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद एक नवम्बर से

प्रदेश में कोरोना जागरुकता को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज भी कई जगहों पर लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मतदान सुबह साढे सात बजे से शाम साढे पांच बजे तक चलेगा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इस बीच आज चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए योट मांग रहे हैं और समर्थन की अपील कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने निगमों में मतदाताओं से कोरोना सम्बन्धी गाइडलाइन की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है आयुक्त ने कहा कि मतदान केन्द्र के बाहर बनाए बूथ पर उम्मीदवार अपने स्तर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखें

उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है उधर जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर उत्तर नगर निगम के लिए होने वाले चुनाव में बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है

जयपुर ग्रेटर जोधप्र दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में एक नवम्बर को मतदान होगा

साथ ही कई निदर्लीय जनप्रतिनिधि भी आज भाजपा में शामिल हुए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई राजसमन्द जिले के अजय सोनी को भी दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई इस मौके पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि कोन्द्र की मोदी सरकार के विकास के विचार से प्रभावित होकर कई प्रमुख लोग भाजपा में शामिल हुए हैं डॉ प्रनिया ने कहा कि कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में विकास के काम ठप पडे हैं

श्री अग्रवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संभाग और जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी रजिस्ट्रार ने कहा कि रबी फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया में गति लाई जाए ताकि किसानों को सही समय पर फसली ऋण मुहैया कराया जा सके

रजिस्ट्रार ने कहा कि ऋण वितरण में लापरवाही पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी उन्होंने नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव जल्द भिजवाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दोनों जनप्रतिनिधियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

सुचना और जन संपर्क विभाग तथा रेडक्रास सोसायटी की ओर से जागरूकता रथ के माध्यम से बूंदी शहर की कई जगहों पर मास्क सही तरीके से पहनने तथा संक्रमण से बचाव के उपाए बताए गए कला जत्थो ने गीत गाते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाए बताए इधर भरतपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा बनाये गए कोरोना गीत का आज जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने लोकार्पण किया इस मौके पर श्री डिडेल ने कहा कि ये गीत लोगों को प्रभावित करने वाला गीत है उन्होंने बताया कि इस गीत को नगर निगम के सभी ऑटो टिपर और जिले में जगह जगह बजाकर लोगों को जागरुक किया जाएगा

इसके माध्यम से छह हजार से अधिक चिकित्सक लोगों को सेवाएं दे रहे हैं

बूंदी शहर के नैनवां रोड क्षेत्र में एक डेयरी गोदाम से मावे का सैंपल लिया गया कुछ स्थानों से खुले तेल के सैंपल लिए गए हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर रसद विभाग के दल ने कार्रवाई की

कोहला में मसाला फैक्ट्री से हल्दी के सैंपल लिए गए इस मौके पर अवधिपार मसालों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कराया गया पाली के सूर्या कॉलोनी नया गांव में ट्रेडिंग कम्पनी का निरीक्षण कर लगभग तीन हजार लीटर तेल जब्त किया

ये राशि परिवादी से पूर्व में जमा धरोहर राशि लौटाने की एवज में मांगी गई थी वहीं बांसवाडा जिले के भेरुपछाड़ पुलिस चौकी को हेडकांस्टेबल को भी एसीबी दल ने पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

वेबिनार को राजस्थान की वरिष्ठ नृत्य विशेषज्ञ स्वाति अग्रवाल और असम की संगीता लाहकर ने अपने अपने प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानकारी दी